राज्य सरकार ने आठ अक्टूबर से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी

इस अवसर पर देश विदेश के अनेक भागों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

नई दिल्ली में राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि ये अपने आपको देश को कल्याण और प्रगति के लिए समर्पित करने सच्चाई तथा अहिंसा के मंत्र पर अमल करने और स्वच्छ सक्षम मजबूत तथा खुशहाल भारत का निर्माण कर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का संकल्प लें

उनकी जीवन गाथा समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त और मजबूत बनाती है श्री कोविंद ने कहा कि उनके सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश समाज में समरसता और समानता लाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने एक ट्वीट में कहा है कि बापू के संपूर्ण जीवन और उनकी शिक्षा ने मानव जाति को सत्य प्रेम और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया श्री नायड् ने कहा कि महात्मा गांधी का अंत्योदय का विचार हमें समाज के सर्वाधिक वंचित लोगों के उत्थान के लिए प्रेरित करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने ट्वीट में कहा है कि गांधी जयंती पर हम अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं उन्होंने कहा कि गांधी जी के जीवन और सदविचारों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि बापू के आदर्श समृद्ध और करुणामय भारत के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में बापू वाटिका स्थित गांधी जी की प्रतिमाा पर माल्यार्पण किया राज्यपाल ने कहा कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम बापू के बताये मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसी महान विभूतियों के विचार कभी मर नहीं सकते आकाशवाणी रांची में भी गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती मनायी गयी इस दौरान लोगों ने शारीरिक दूरी बरतते हुए गांधी जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए आकाशवाणी प्रादेशिक समाचार सेवा प्रभाग के प्रमुख ने भी गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में भी गांधी जयंती पर कार्यक्रम हो रहे हैं रामगढ़ में आज उपायुक्त संदीप सिंह सहित प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बापू एवं शास्त्री जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के रूप में अर्पित किए

महात्मा गांधी की जयंती पर साहिबगंज कॉलेज में एनएसएस की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया

पाक्ड़ जिला मुख्यालय के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आम लोगों सहित कांग्रेस भाजपा झामुमो और झाविमो के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की नगर परिषद ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत मजदूरों के बीच जॉब कार्ड का वितरण किया उपायुक्त कुलदीप चौधरी और प्रशासनिक अधिकारियों ने माल्यार्पण किया सदर अस्पताल परिसर में चिकित्सकों और स्वास्थ कर्मियों ने सफाई अभियान चलाया वहीं जमशेदपुर के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने श्रद्दांजलि अर्पित की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके त्याग बलिदान सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की शक्ति हम सभी लोगों को दें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों को न सिर्फ बनाए रखा जाएगा बल्कि आने वाले समय में इनमें लगातार बढोतरी भी की जाएगी नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते वे यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नरेन्द्र मोदी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो रक्षामंत्री ने सभी किसान संगठनों से अपील की कि वे उनकी समस्याओं पर सरकार के साथ बातचीत करें श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में किसान संगठनों के साथ पहले ही बातचीत शुरू करके उनके भ्रम और आशंकाएं दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं राजधानी रांची में सिवरेज और ड्रेनेज निर्माण के लिए मैनहर्ट कम्पनी को परामर्शी बनाने के मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेगा तत्कालीन नगर विकास मंत्री सरयू राय ने इस संबंध में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रात एसीबी से जांच कराने की अनुमति दी है सरयू राय ने पिछले वर्ष इकर्तीस जुलाई को एसीबी में आवेदन देकर अठारह बिन्दुओं पर जाँच की मांग की थी

अब लोगों को मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अजान सुनाई देगी

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने द्र्गा पूजा को लेकर भी गाइडलाईन जारी की है इसके तहत दुर्गा पूजा के पंडाल परंपरागत रूप से बनाए जाएगे लेकिन पंडाल छोटे होंगे मूर्त्तियों की लम्बाई भी चार फीट से अधिक नहीं होगी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर भी रोक रहेगी पंडाल में किसी तरह की डेकोरेशन और लाइटिंग की अनुमति नहीं होगी गाइडलाईन के अनुसार पंडाल में पूजा के दौरान पूजारी और आयोजकों सहित सात से अधिक लोग नहीं होने चाहिए भोग प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा पंडाल का उद्घाटन और दांड्या जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी रावण दहन कार्यक्रम पर भी रोक लगाई गयी है वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज और सिनेमा हॉल अभी बन्द ही रहेंगे अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी अभी शुरू नहीं होंगी जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी

नए संक्रमितों की पहचान होने की अपेक्षा अधिक संख्या में पुराने मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला गुरूवार को भी जारी रहा

इनमें रांची में तीन तथा देवघर रामगढ़ बोकारो पूर्वी सिंहभूम हजारीबाग गोड़डा में एक एक मरीज शामिल हैं

साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के अनाज व्यवसायी के अपहरण और उसके बाद हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गोबरी स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार किया गया व्यक्ति संथाल लिबरेशन आर्मी का सक्रिय सदस्य है

गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के रौतारा में दोहरे हत्याकांड मामले की जांच के लिए पुलिस बिहार के बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र में छापा मारने गई थी इस दौरान पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग की इस फायरिंग में गोड्डा के एसडीपीओ बाल बाल बचे पुलिस टीम ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को जब्त की है एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है साहिबगंज जिले के सदर प्रखंड के शोभनपुर नया टोला की एक किशोरी की मौत वज्रपात से हो गई जबकि एक अन्य किशोरी घायल हो गई जिसका इलाज चल रहा है दोनों किशोरी कल शाम घास काटने के लिए बहियार गई थी इसी दौरान बारिश होने लगी और अचानक वज्रपात हो गया और दोनों उसके चपेट में आ गई वहीं दूसरी तरफ उधवा प्रखंड के दरगाहडांगा गांव में बारिश के कारण कच्चा मकान गिर गया